इस अवसर पर श्री मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि उनकी सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अॅलग कार्य योजना बना रही है

मार्च तक लगभग पंद्रह हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने के लिए काम कर रही है स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया जा रहा है साहिबगंज रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के खिजुरिया आवास में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सुजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया हैं

बाद में वे भोगनाडीह पहुंचे और वहां सिदो कान्ह की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की श्री सोरेन ने तलबडिया आवासीय कार्यालय पहुंचने के बाद जेएसएलपीएस और अन्य विभागों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया

वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर संतानब्बे दशमलव छह दो प्रतिशत तक जा पहुंची है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख दस हजार पांच सौ बारह लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

अमरीका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया श्री मोदी को उच्चतम स्तर के मुख्य कमांडर के तौर पर लीजन ऑफ मैरिट पुरस्कार दिया गया जो किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही दिया जाता है भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में ले जाने और भारत और अमरीका के बीच वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी बनाने में श्री मोदी के नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अमरीकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉकट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मैरिट पुरस्कार प्रस्तुत किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड का टीका लगाने के लिए तीस करोड लोगों की प्राथमिकता तय की है इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीका पचास वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा पचास वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस बारे में पूरी सतर्कता बरती जायेगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सकेगी

गिरफ्तार नक्सली माओवादी संगठन में जीवन कांडुलना दस्ते का सक्रिय सदस्य था उसके पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किया है जबकि उसकी निशानदेही पर जंगल में कच्चे रास्ते में बिछाये गये चार केन बम को भी सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है

लोहरदगा जिला में विद्यालय खुलने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है विद्यार्थी पूरी सावधानी बरतते हुए विद्यालय पहुंच रहे हैं वहीं विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं

गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रंद्वाजलि के तौर पर यह आयोजन किया जा रहा है समिति में अनेक विशेषज्ञ इतिहासकार लेखक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवारजन तथा आजाद हिंद फौज से जुड़े जाने माने लोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे यह समिति दिल्ली कोलकाता तथा भारत और विदेशों में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े स्थानों में गतिविधियां आयोजित करने के बारे में मार्गदर्शन करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वीरता सर्वविदित है उन्होंने कहा कि वे एक विद्वान सेनानी और उत्कृष्ट राजनेता थे

श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है उन्होंने सब लोगों से यह विशेष आयोजन भव्यता से मनाने का आह्वान किया

इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान छह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस डालटनगंज में दर्ज किया गया

संक्षिप्त खबरें स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों को जमशेदपुर के साकची स्थित जलेबी लाइन स्थित दुकानों में आग लगने से हुई नुकसान का आकलन कर दुकानदारों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया है चतरा में सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बैलगड्डा गांव में कल शाम खलिहान में भीषण आग लग गई

किसानों ने जिला प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की है

दोनों लड़िकियों को घरेलू काम के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था गोड्डा जिले में सरकारी स्कूली शिक्षा क्षेत्र में ज्ञानोदय प्रोग्राम काफी सफल रहा है

दैनिक जागरण ने लिखा है किसान आंदोलन के जल्द समाधान की उम्मीद

द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर पीएलएफआई नक्सली जिदन गुड़िया के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है